देश में कोविड नाइन्टीन महामारी से स्वस्थ होने की दर चौहत्तर दशमलव छह नौ प्रतिशत हई प्रदेश में अब तक एक लाख इकत्तीस हजार से ज्यादा कोरोना मरीज हुए स्वस्थ प्रदेश में दो दिनों से रूक रूक कर हो रही वर्षा से नदियों के जल स्तर में बढ़ाव जारी कई क्षेत्रों में बाढ़ की स्थिति कल गणेश चत्र्थी के अवसर पर गणेश प्रतिमाओं की स्थापना के साथ ही दस दिन का गणेशोत्सव हुआ शुरू प्रदेश विधानमंडल के अल्पकालीन मानसुन सत्र के अंतिम दिन कल विपक्ष ने दोनों सदनों में कानून व्यवस्था कोरोना एवं अन्य मुददों को लेकर जमकर हंगामा किया हंगामे के बीच राज्य सरकार ने विधानमंडल के दोनों सदनों में सत्ताईस विधेयक पारित कराये इसके बाद विधानमंडल की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिये स्थगित कर दी गई तीन दिवसीय यह मानसून सत्र बीस अगस्त को शुरू हुआ था हमारे संवाददाता ने बताया है कि विपक्ष ने सरकार द्वारा सदन में पेश किए गए कई विघेयकों का जोरदार विरोध किया जैसे ही सदन की कार्यवाही शुरू हुई समूचा विपक्ष सरकार के विरुद्ध कानून व्यवस्था कथित फर्जी पुलिस एनकाउंटर किसानों के मुद्दे तथा बेरोजगारी को तेकर नारे लगाने लगा समाजवादी पार्टी और कांग्रेस सहित अन्य दलों ने साकार पर सदन में बहुमत की शक्ति का दुरुपयोग कर जनविरोधी कानून बनाने का आरोप लगाया

विपक्ष के सभी आरोपों को खारिज करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार कोरोना से सबसे अच्छे तरीके से निपट रही है उन्होंने विपक्ष पर कोरोना के नाम पर राजनीति करने का आरोप लगाया एमएस यादव आकाशवाणी समाचार लखनऊ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में कल कानून व्यवस्था सहित अन्य मुद्दों पर विपक्ष को करारा जवाब दिया अपने एक घंटे के संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि देश के अन्य राज्यों की अपेक्षा उत्तर प्रदेश में कोरोना जैसी महामारी से निपटने में जो प्रयास किये गये उसकी सभी ने सराहना की है उन्होंने कहा कि कोरोना संकट काल में सरकार के सभी विधायक और मंत्री राहत कार्य में जुटे हुए हैं

मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में जहां अयोध्या में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा किये गये भूमि पूजन को ऐतिहासिक बताया वहीं राम मंदिर का विरोध करने वालों को भी आइना दिखाया उन्होंने कहा कि राम का विरोध करने वाले लोग परशुराम के बहाने राम का नाम ले रहे हैं उन्होंने विपक्ष पर गलत आंकड़े देकर लोगों की भावनाएं भड़काने का आरोप लगाय उन्होंने कहा कि कोरोना काल में अट्ठारह करोड़ लोगों को माह में दो बार खाद़यान दिया जा रहा है उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण के बावजूद किसानों की समस्याओं को बाधित नहीं होने दिया गया मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना के दौरान प्रदेश में रह रहे बिहार हरियाणा मध्य प्रदेश और अन्य राज्यों के लोगों को उनके घरों तक भेजा गया ॐ ताख से अधिक प्रवासी कामगार और मजदूर अलग अलग राज्यों में काम करते थे उनकी सुरक्षित वापसी के लिये उत्तर प्रदेश परिवहन निगम ने भारतीय रेल ने व्यापक कार्य योजना बनाई विपक्ष पर निशाना साधते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि कुछ लोग धर्म जाति के नाम पर समाज को बांटने में लगे हुए हैं इस मौके पर मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि एक साल के अन्दर सभी गांवों और मजरों तक बिजली पहंचायेंगे उन्होंने यह भी कहा कि पूर्वांचल बुन्देलखंड और डिफेंस कॉरिडोर को तय समय में पूरा किया जायेगा मुख्यमंत्री ने संबोधन में कहा कि संसदीय कार्यमंत्री सुरेश कुमार खन्ना के प्रस्ताव पर विधानसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिये स्थगित कर दी गई उधर विधान परिषद में भी विपक्षी सदस्यों के हंगामे के बीच जरूरी विद्यायी कार्य निपटाने के बाद सदन को अनिश्चित काल के लिये स्थगित कर दिया गया

स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारी ने बताया कि पिछले चौबीस घंटों में दस लाख तेईस हजार से अधिक नमूनों की कोविड जांच की गई कोविड से स्वस्थ होने की दर चौहत्तर दशमलव छह नौ प्रतिशत हो गई है पिछले चौबीस घंटे के दौरान तिरसठ हजार छः सौ इक्कीस कोविड मरीज स्वस्थ हए कोरोना से मृत्यु दर घटकर एक दशमलव आठ सात प्रतिशत रह गई है प्रदेश में पिछले चौबीस घंटे में कोरोना संक्रमित पांच हजार तीन सौ पचहत्तर नये मामले सामने आये हैं वहीं एक लाख इकत्तीस हजार दो सौ पन्चानवे मरीज इलाज के बाद पूरी तरह से स्वस्थ हो गये हैं उधर केन्द्रीय स्वास्थ मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कल गाजियाबाद में राष्ट्रीय आपदा मोचन बल एनडीआरएफ के दस बिस्तरों वाले एक अस्थायी अस्पताल का उद्घाटन किया इस अस्पताल में रोगियों के लिए बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाएं सुरक्षित और आरामदायक माहौल में उपलब्ध कराई गई हैं पूरी तरह से वातानुकूलित यह अस्पताल अत्याधुनिक चिकित्सा उपकरणों से लैस है प्रदेश के विभिन्न जिलों में रूक रूक कर दो दिनों से वर्षा का क्रम जारी है वर्षा के कारण कई नदियों के जल स्तर में बढ़ोत्तरी शुरू हो गयी है

सुल्तानपुर जिले में वर्षा जनित हादसे में अलग अलग जगहों पर दस लोगों की मौत हो गयी है इस बीच प्रदेश के राहत आयुक्त संजय गोयल ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाढ़ प्रभावित जनपदों के जिलाधिकारियों को तटबंध की निरन्तर पेट्रोलिंग करने के साथ साथ बांधों में कटान की स्थिति पर लगातार निगरानी रखने के निर्देश दिये हैं मुख्यमंत्री ने पशुओं के आहार की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिये हैं उन्होंने जिलाधिकारियों को प्रदूषित जलजनित एवं वैक्टर जनित रोगों की रोकथाम के लिये आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिये हैं श्री गोयल ने बताया कि प्रदेश में वर्तमान में सभी तटबंध स्रक्षित है कहीं भी किसी भी प्रकार की चिंताजनक परिस्थिति नहीं है प्रदेश के बाढ़ प्रभावित जनपदों में सर्च एवं रेस्क्यू के लिये बाईस टीमें तैनात की गई है साथ ही बाढ़ पीड़ित परिवारों को खाद्यान किट का वितरण किया जा रहा है प्रदेश सरकार ने परसों रात से शुरू हए पचपन घंटे के प्रतिब्ध के दौरान उर्वरक और बीज की दुकानें खुली रखने की अनुमति दे दी है यह फैसला बुआई मौसम में किसानों की उर्वरक और बीज की बढ़ती मांग को देखते हुए किया गया है ये प्रतिबंध कल सवेरे तक लागू रहेगा राज्य के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने किसानों को आश्वासन दिया कि राज्य में उर्वरकों की कोई कमी नहीं है और सरकार किसानों को उर्वरक और बीज उपलब्ध कराने के सभी उपाय कर रही है प्रदेश भाजपा के नये पदाधिकारियों की कल घोषणा कर दी गई पाटी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने इसकी घोषणा करते हुए नये पदाधिकारियों को बधाई दी है प्रदेश भाजपा की नई कार्यसमिति में नोएडा से विघायक पंकज सिंह विधान परिषद सदस्य लक्ष्मण आचार्य और विजय बहादुर पाठक सहित सोलह उपाध्यक्ष नियुक्त किये गये हैं वहीं कार्यसमिति में सात महामंत्री सोलह मंत्री और दो कोषाध्यक्ष बनाये गये हैं

यह दिन बुद्दि और ऋद्दि सिद्दि दाता भगवान गणेश के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है लोग अपने घरों में चूनामिट्टी की गणेश प्रतिमाएं स्थापित करके पूजा करते हैं और दस दिन का गणेश उत्सव सम्पन्न होने पर ये प्रतिमाएं विसर्जित की जाती हैं